थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा कि सेना सीमा पास से आंतकवादी गतिविधियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने से नहीं हिचकिचाएगी

वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने कहा कि साइबर स्रक्षा बनाए रखना उद्यागों व सरकारी संस्थानों की महत्वपूर्ण च्नौतियों में शामिल है

इस अवसरपर नई दिल्ली में सेना कर्मियों का सम्बाधित करते थलाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा कि सेना सीमा पार पाकिस्तान की तर फ से चल रही आंतकी गतिविधियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने से कतई नहीं हिचकिचाएगी उन्हामें कहाकि भारत की पश्चिमी सीमा से लगते देश आंतकी ग्टों का समर्थन दे रही है और भारतीय सेना इससे कारगर तरीके से निपट रही है जनरल रावत ने ये भी कहा कि सेना पूवी सीमा पर भी स्थिति की समीक्षा निरंतर करती रहेगी राष्ट्रपति रामनाथ काविंद उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नाडयू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र माद्दी ने सेना दिवस के मौके पर सैनिकों और उनके परिजनों का श्भकामनाये दी राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिक देश का गौरव है और हमारी स्वतंत्रता के पहरेदार है उप राष्ट्रपति ने कहा कि हम सभी देश का ये जिम्मेदारी है कि हम देश की स्रक्षा के लिये अपनी जन की बाजी लगाने वाले सैनिकों और उनके परिवार जनों के सब्र और हौसले का सम्मान करें प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सभी देश वासी सैनिकों के दृढ़ निश्चय और बलिदान पर फक्र करते है

सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि हमारी सेना का प्रत्येक सैनिक अद्वितीय शौर्य और असीम संकल्प का प्रतीक है और भारतीय सेना के आदर्श वाक्य स्वय से पहले सेवा प्रदर्शित करता है सेनाध्यक्ष ने कहा कि सेना दवारा आंतकवाद से निपटने के लिये कई कदम उठाये जा रहे है जनरल रावत ने ये भी कहा कि क्छ एजेंसियां गलत अफवाहें फैलाकर लामों का ग्मराह करते है थल सेनाध्यक्ष ने सेना कर्मियों का साशल मीडिया का प्रयाग समय सर्तक रहने का भी कहा विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव कुंभ आज सुबह उत्तरप्रदेश के प्रयागराज में अखाड़ा के शाही स्नान के साथ श्रू है गया आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आज दामहर डेढ़ बजे तक लगभग डेढ़ कराइ श्रद्वाल्ओं ने संगम में ड्बकी लगाई

महिला श्रद्वालूओं के लिये विशेष व्यवसथा की गई है और पहली बार तीन महिला थाने भी स्थापित किये गए है

आकाशवाणी के संवाददाता ने बताया कि कृंभ मेले में स्नान शांतिपूर्वक चल रहा है लाग गंगा यमुना और कल्पित सरस्वती के संगम पर आस्था और विश्वास की पवित्र ड्बकी लगा रहे है इस बार पहली बार क्भ में श्रद्वाल्ओं पर हैलीकप्टर के माध्यम से प्ष्प वर्षा भी की जा रही है ऐसा माना जाता है कि क्भ में पवित्र ड्बकी लगाने से पापों का नाश है माक्ष की प्राप्ति हफ्ती है गौरतलब है कि ये उन्चास दिवसीय मेला चार मार्च क महा शिवरात्रि के अवसर तक चलेगा हरियाणा में सीवर की सफाई के लिये सीवर के अंदर प्रमाणित प्रशिक्षण प्राप्त और लाइसेंस धारक सीवरमैन ही जायेगा और सफाई से सम्बधित प्रशिक्षण या लाइसेंस नहीं हाजे पर सीबी के जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनाहर लाल ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के साथ आयाजित एक बैठक के बाद ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि इस सम्बधी निर्देश जारी कर दिए गए है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय में प्लिस विभाग की सहायता से शहरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जायेंगे उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी ग्रूग्राम फरीदाबाद और करनाल में कैमरे लगाने की प्रक्रिया चल रही है साथ ही ग्रूग्राम मे एक कमांड सेंटर भी बनाया जायेगा ज शहर के सभी सीसीटीवी कैमर से जुड़ा हागा

हरियाणा में सायबर हमले से निपटने के लिए टाल फ्री नंबर श्रू किया गया है हरियाणा के वित मंत्री कैप्टन अभिमन्य् ने आज ग्रुग्राम में डिजिटल इनाव्रेशन और सायबर सिक्यारिटी पर आयाजित राष्ट्रीय सम्मेलन में इस टाल फ्री नंबर का श्भांरभ किया इस नंबर पर बात करके साइबर हमले से बचे के तरीकों की जानकारी ली सकेगी हरियाणा आईटी विभाग द्वारा आयाजित इस सम्मेलन में डिजिटल साक्षरता और सायबर हमले से सम्बधित अलग अलग मुददों पर चर्चा की गई वहीं स्टार्ट अप की प्रदर्शनी भी लगाई गई इस मौके पर म्ख्य अतिथि वितमंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने कहा कि साइबर स्रक्षा के बनाये रखना उद्यागों और सरकारी संगठनों के लिये महत्वपूर्ण च्नौतियों में से एक है उन्होंने कहा कि अगर अब काई विश्व यद्दध हआ ता वा डेटा के लिए हागा

विज्ञान एवं प्रौदयागिकी विभाग ने द्रदर्शन के साथ आज दी संचार पहलों डी डी साइंस और इंडिया साइंस नामक चैनलों का श्भारंभ किया इस अवसर पर विज्ञान और प्रौद्यागिकी मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि वैज्ञानिक प्रकृति का विकास करना समय की जरूरत है उन्होंने कहा कि इन चैनलों पर दी जाने वाली जानकारी से लागों का काफी फायदा हागा इन दामों चैनलों पर विज्ञान पर आधारित दस्तावेज़ी फिल्में स्ट्रडियों मे आयाजित परि चर्चाए वैज्ञानिक संस्थानों का वास्तविक रूप में देखना साक्षात्कार और लघ् फिलमों का प्रसारण किया जायेगा डी डी सांइस द्रदर्शन् के राष्ट्रीय चैनल पर एक घंटे के निर्धारित समय के लिये प्रसारित हाणा जबकि इंडिया सांइस इंटरनेट पर आधारित सांइस चैनल है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने कहा कि दूरदर्शन की पहंच देश के तीन कराह परिवारों तक है और ये विज्ञान के प्रसार के लिये एक सशक्त माध्यम सिद्व हणा

भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रभारी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने सामान्य जातियों का आर्थिक आधार पर दस फीसदी आरक्षण दिए जाने का जायज बताया है आज राहतक में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बाकी पार्टियां अपने घाषणा पत्र में ता इस मुददे का रखती थी लेकिन आज तक इसे लागू नहीं किया आरक्षण के चुनाव में लाभ बारे सवाल पर उन्होंने कहा कि आरक्षण जनकल्याण की दृष्टि से दिया गया है उन्होंने उत्तरप्रदेश में सपा बसपा के गठबंधन का बेमेल और स्वार्थ पर आधारित बताया है और कहा कि इस गठबंधन का कुछ हासिल नहीं हामे वाला है क्योंकि वहां पर भाजपा सरकार ने बहत काम किया है एक अन्य प्रश्न के उतर में कलराज मिश्र ने कहा कि हरियाणा में लफ्रसभा च्नाव भाजपा अकेले ही लड़ेगी उन्होंने कहा कि हरियाणा में किसी दल से गठबंधन की आवश्यकता नहीं है भाजपा ने केंद्र व प्रदेश स्तर पर काम किया है प्रदेश में कांग्रेस में गुटबाज़ी पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ग्र्टो में बंटी है और विभिन्न नेताओं की पार्टी है जा अपने अस्तित्व का बचाने का प्रयास कर रहे हैं